हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष स्भाष बराला ने कहा है कि सिरसा हवाई अड्डे से जल्द ही सस्ती हवाई सेवा श्रू की जायेगी

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने शहीदों की याद में याद ए जलियावाला संग्रहालय और नेता जी स्भाष चन्द्र बोस संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया

सिरसा में आज सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने म्ख्य डाकघर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उदघाटन किया इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला विधायक मक्खन लाल सिंगला भी मौजूद थे सांसद ने रोड़ी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से सिरसा में पासपोर्ट केन्द्र खोला गया है इस केन्द्र के ख्लने से लोगों के समय व धन की बचत होगी

श्री बराला ने कहा कि लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिये अम्बाला या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि आम आदमी को हवाई अड्डे की स्विधा देने के लिये जल्द ही सिरसा हवाई अड्डे सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध करवाई जायेगी सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने विभन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी आधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसर स्वंय को शालते रहें वे नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे मंत्री ने कहा कि बदलते तकनीक माहौल में इसे अपनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्य निष्ठा काफी महत्व रखती है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेज़ी से बढ़ती तकनीक के अन्सार ख्द को तैयार रखे जाने जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लोगों तक पहंचने के लिये सरल भाषा प्रयोग करनी चाहिए उन्होंने अच्दे परिणामों के लिये मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी बहमत वाली सरकार के कारण भारत ने विश्व में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है

उन्होने कहा कि इस लोकसभा सत्र में जीएसटी के अलावा काले धन और भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक भी पारित किए गए है उन्होंने कहा कि सदन में जीएसटी विधेयक पारित होने से सहयोगता की मनोवृति का पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला ने लोकसभा विधानसभा च्नाव एक साथ करवाने की चर्चाओं को निराधार बताया है उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के च्नाव अक्टूबर में तय समय पर ही होंगे सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा लोकसभा च्नाव के लिए पूरी तरह तैयार है जनता से ज्ड़ाव के लिए उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं आज विश्व रेडियो दिवस है

हरियाणा सरकार के निर्णय अन्सार अब प्रदेश के श्रद्धाल्ओं को ग्रू रविदास जन्म स्थान दर्शन यात्रा योजना के तहत संत शिरोमणि श्री ग्रू रविदास जन्मस्थली वाराणासी की निश्ल्क यात्रा करवाई जाएगी इसकी तैयारियों के लिए जिला सचिवालय में उपाय्क्त मुक्ल क्मार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया

उनहोंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जायेगा

बजट सत्र के आज अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है इससे पहले राज्य सभा ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के पारित कर दिया पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में विभन्न म्द्दों पर हंगामें के कारण बार बार बाधा आई

श्री नायडू ने कहा कि सदस्यों को इस पर मंथन करना चाहिए क्योंकि जनहित से ज्ड़े कई महत्वपूर्ण विषय सदन में नहीं उठाये जा सके

मौसम विभाग के अन्सार कल पंजाब और हरियाणा में कई सथानों पर हल्की बारिश हो सकती है जगाधरी क्षेत्र में हये अलग अलग सड़क हादसों में य्वक सहित दो की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया

श्रीनगर के रतनप्र गाँव में सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हये बलजीत सिंह का आज उनके पैतृक गाँव डिंगर माजरा में प्रे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया शहीद बलजीत के तीन साल के बेटे अर्णव ने उन्हें अंतिम विदाई दी शहीद बलजीत सिंह का शव उनके गाँव में पहंचते ही ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाये